उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च और तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया

वाराणसी मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में देश की तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी द्वारा यह ट्रेन वाराणसी से इंदौर के बीच चलाई जाएगी

यह देश तीन प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकलेश्वर काशी विश्वनाथ और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी

उन्होंने कहा कि भारत के युवा न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी लाभान्वित कर सकते हैं इसके लिए उन्हें मात्र डिग्री ही नहीं बल्कि उभरती टेक्नोलॉजी में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा श्री नायड् कल जबलपुर यात्रा के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग के विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे

सीएम शपथ दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल आज तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल उन्हें तथा उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे श्री केजरीवाल ने अपनी पिछली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों को बरकरार रखने का फैसला किया है इनमें मनीष सिसोदिया सत्येंदर जैन गोपाल राय कैलाश गहलोत इमरान हुसैन और राजेंद्र गौतम शामिल है

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि उद्योगों को तत्काल कनेक्शन देने के लिए सेल गठित की गई है

नए उद्योगों को रियायत रिबेट फार न्यू एचटी कनेक्शन नाम से एवं पिछले एक दो साल में लगे उद्योगों को ग्रीन फील्ड नाम से दी जा रही है

कोरोना सतर्कता कोरोना वायरस से बचाव के लिए देवास जिले मे विशेष सतर्कता बरती जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाल ही में चीन से लौटे नागरिकों को जाँच में रखा गया है हालांकि अभी तक जिले में कोराना वायरस से संबंधित कोई भी मामला सामने नहीं आया है लेकिन फिर भी एहतियातन जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया हैं

जहां बच्चों को दोनों धर्म की पढ़ाई कराई जा रही है